पश्चिमी चंपारण में कल से अगर्ल आदेश तक आंशिक लॉकडाउन रहेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस से मरने वालों की संख्या सौ हुई

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने को कहा

पटना जिले के शहरी इलाकों में कोविड उन्नीस महामारी के संक्रमण की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने दस जुलाई से एक सप्ताह के लिये फिर से लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि सोलह जुलाई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा

पूरे राज्य में यह संख्या सबसे अधिक है आज जिले के विभिन्न हिस्सों से दो सौ पैंतीस नये मामलों की पुष्टि हुई है जिले में इस महामारी से अब तक बारह लोगों की मौत हुई है इधर भागलपुर जिले में भी कल से आठ दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गयी है नवादा जिला प्रशासन ने भी पूरे जिले में दस जुलाई से तीन दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है लॉकडाउन की अवधि में सुबह सात बजे से सुबह दस बजे तक और शाम पांच से रात्रि आठ बजे तक ही आवश्यक वस्तुएं जैसे फल सब्जी और किराना दुकानों को ही खोलने की अनुमति होगी इधर पश्चिम चंपारण जिले में कल से अगले आदेश तक आंशिक लॉकडाउन लागू रहेगा इस दौरान शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर सौ हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो लोगों की इस महामारी से मृत्यु की पुष्टि हुई है इधर संक्रमित लोगों की संख्या भी तेरह हजार को पार कर गयी है अब तक तेरह हजार दो सौ चौहत्तर लोग इस महामारी से संक्रमित हुए है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में संक्रमण के सात सौ उनचास मामले सामने आये हैं यह महामारी राज्य में तेजी से फैल रही है आज सैंतीस जिलों से नये मामले दर्ज किये गये बेगूसराय जिले में सड़सठ गोपालगंज में इकसठ भागलपुर में पचास और नवादा में छत्तीस नये मामले सामने आये हैं इसके अलावा सीवान पूर्णिया मुंगेर मधुबनी जहानाबाद से बीस या इससे अधिक मामलों की पुष्टि हुई है देश भर में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर सात लाख बयालीस हजार हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान संक्रमण के लगभग तेईस हजार नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक चार लाख छप्पन हजार आठ सौ इकतीस कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में इस वायरस से सोलह हजार आठ सौ तिरासी रोगी ठीक हुए हैं इस महामारी से स्वस्थ होने की दर इकसठ दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है देश में कोविड उन्नीस से अब तक बीस हजार छह सौ बयालीस लोगों की मौत हुई है राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस के प्रसार को देखते हुए जिलाधिकारियों को और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये हैं जिलाधिकारियों को भीड़ प्रबंधन और मास्क के उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन सुनिश्चित करने को जरूरत के अनुसार कदम उठाने को कहा गया है मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने तथा अन्य मानकों का उल्लंघन करने पर आसपास की दुकानों को भी सील कर दिया जायेगा वहीं होटल मैरेज हॉल कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट हॉल में समारोह आयोजित करने से पहले इसकी सूचना स्थानीय थाना को देनी होगी अधिक से अधिक पचास लोग ही समारोह में भाग ले सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के साठ कर्मचारी भी कोरोना महामारी से संक्रमित पाये गये हैं इससे पहले मुख्यमंत्री की भतीजी को भी पॉजिटिव पाया गया था जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है द्रसरी ओर रोहतास जिले में समाहरणालय में इंजीनियर सहित पांच लोगों के पॉजिटिव पाये जाने के बाद सासाराम सर्किट हाऊस को सील कर दिया गया है प्रे परिसर को सेनेटाईज किया जा रहा है इधर पटना नगर निगम के महापौर सीता साहू के पुत्र और निगम के दो वार्ड सदस्यों को भी संक्रमित पाया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात को स्वीकार किया है कि कोविड उन्नीस वायरस के हवा से प्रसार होने के प्रमाण मिल रहे हैं संगठन के एक अधिकारी ने कल कहा कि आने वाले दिनों में इसे लेकर संगठन विस्तृत ब्यौरा जारी करेगा गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले कहा था कि कोरोना वायरस का फैलाव मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने के दौरान मुंह से निकली बूंदों के कारण होता है नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचन्द बजाज ने सुरक्षित दूरी के महत्व पर बल दिया

कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जब निकलना भी पड़े घर से बाहर तो कोशिश करे तो जहां आप दो लोग खड़े है करीब दो मीटर दूर खड़े रहे नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहे दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड उन्नीस के बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है साउंड बाईट अस्सी प्रतिशत में तो ऐसे भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं दस पन्द्रह परसेंट में उनकों अस्पताल जाकर कुछ दवाई दी जाती है और वो सही हो जाते हैं पांच परसेंट या उससे कम वाले है जो कि दाखिल होना पड़ता है पूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस के लाभार्थियों की श्रेणी बढ़ाई गई है

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश हुई है कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी रिकार्ड की गयी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक सत्तर मिलीमीटर बारिश सीवान जिले के दरौली में रिकार्ड की गयी वहीं सारण नवादा भागलपुर बांका और रोहतास जिले में कई स्थानों पर तीस मिलीमीटर से चालीस मिलीमीटर तक बारिश हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि कल से अगले बहत्तर घंटों तक नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों से सटे जिलों और उत्तर बिहार में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गयी है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से बारह जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग जल संसाधन विभाग सहित सभी जिलाधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिये हैं श्री कुमार ने बाढ़ से बचाव की तैयारियों एनडीआरएफ टीम की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है इसके अलावा लोगों के बीच जाकर माइक से भारी बारिश और बाढ़ संबंधी सूचना देने का निर्देश दिया है ताकि समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी हो सके प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है गंगा गंडक सोन घाघरा और बूढ़ी गंडक का जलस्तर राज्य के विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कमला बलान नदी मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में लाल निशान के आसपास बह रही है वहीं महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर में खतरे के निशान के आसपास रिकार्ड किया गया इधर कोसी बागमती और प्रनपुन नदी के जलस्तर में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है पूर्वी चंपारण जिले में नेपाल भारत सीमा पर लालबकेया नदी पर तटबंध मरम्मत को लेकर फिर से गतिरोध उत्पन्न हो गया है नेपाल की ओर से मरम्मत कार्य रोक दिया गया है जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि मरम्मत का अधिकांश कार्य प्रा हो चूका है केवल क्छ ही अंश में यह कार्य शेष है उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिये सर्वे कराये गये हैं इसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी गयी है वहां से आदेश आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जायेगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि पांच महीने और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए एक किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाता है देश के करीब अस्सी करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की तीस तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधि बढ़ाये जाने की घोषणा की थी उन्होंने कहा था कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखे नहीं रहेंगे और मौजूदा कोविड महामारी के समय बारिश और आने वाले त्योहारों के मौसम के दौरान उन्हें मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना पर लगभग एक लाख पचास हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोविड उन्नीस लॉकडाउन के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए नौवीं से बारहवीं तक की कक्षा के पाठ्यक्रम को तीस प्रतिशत तक छोटा कर दिया है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण रिथिति है सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों पर बोझ कम करने की सलाह दी गई है पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अहिरोलिया गांव से नब्बे लाख रूपये मूल्य की शराब जब्त की है शराब की खेप को ट्रक के माध्यम से ले जाया जा रहा था कृषि मंत्रालय ने कहा है बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में इस साल ग्यारह अप्रैल से पौने तीन लाख हेक्टेयर से अधिक इलाके में टिड्डी दल नियंत्रण अभियान चलाया गया है मंत्रालय ने यह भी कहा है कि टिड्डी दलों को मारने के अभियान को कीटनाशकों के हवाई छिड़काव की क्षमता बढ़ाकर मजबूत किया गया है

पश्चिमी चंपारण में कल से अगले आदेश तक आंशिक लॉकडाउन रहेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस से मरने वालों की संख्या सौ हुई

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने को कहा